मुख्य कार्यक्रम गुजरात के केवड़िया में होगा जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्टैच् ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे सरदार ये शब्द जोड़ता है दिलों को सोच को रंगों को वर्गों को पूरे देश को सरदार न होते तो हम एक न होते

दिल्ली के मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम से गृहमंत्री अमित शाह करेंगे फ्लैगऑफ रन फॉर यूनिटी दौड़ेगा इण्डिया लक्ष्य की ओर

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के सभी जिलों में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में सुबह आठ बजकर पैंतालिस मिनट पर हजरतगंज स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि रन फॉर यूनिटी की मुहिम हम सभी को देश की एकता अखण्डता और सुरक्षा के लिये वास्तविक और संमावित खतरों का सामना करने की प्रेरणा व ताकत देती है मुख्यमंत्री ने रन फॉर यूनिटी के लिये व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं श्री योगी ने प्रदेशवासियों से विशेषकर युवाओं और स्कूली बच्चों से भारी संख्या में रन फॉर यूनिटी में शामिल होकर सरदार पटेल के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के छात्रों पुलिस बल के जवानों और खिलाड़ियों सहित समाज के सभी वर्गों से इस मुहिम के साथ जुड़ने का आहवान किया वहीं केन्द्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह कल हापुड़ के पिलखुआ में रन फॉर यूनिटी का शुभारम्भ करेंगे केन्द्र सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की शुरूआत की है यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय तथा प्रेरणादायक योगदान को मान्यता प्रदान करने तथा भारत को मजबूत और एकजुट बनाने के लिए दिया जायेगा पुरस्कार की घोषणा कल सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर की जाएगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समावेशी समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की तर्ज पर विश्वविद्यालयों में भी सामाजिक उत्तरदायित्व शुरू करने का प्रयास किये जाने का आहवान किया है नई दिल्ली में आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय विविधता में एकता का एक अनुग उदाहरण है भारत के विद्यार्थियों की असीम प्रतिभा से पूरा विश्व परिचति है इस प्रतिभा का समुचित उपयोग करने के लिए देश के सभी शिक्षण संस्थानों को अपना योगदान देना है जामिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेष योगदान की उम्मीद की जाती है समाज के हर तबके को विकास से जोड़ने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिसपोंसविलिटी यानी सीएसआर की तरह यूनिर्सिटी सोशल रिसपोंसविलिटी यानी यूएसआर पर भी जोर देने की जरूरत है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिक शोघों के निष्कर्षो को स्थानीय भाषा में लोगों को उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया है नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण शोध संस्थान नीरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उदघाटन समारोह में बोलते हुए श्री नायड् ने यह बातें कहीं प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के किसानों ने जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए अधिगृहीत की गयी अस्सी प्रतिशत से अधिक भूमि के कब्जा प्रमाणपत्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में श्री योगी ने किसानों से ये प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए कहा कि विकास की किसी भी बड़ी परियोजना को आपसी सहमति और बेहतर संवाद से कैसे साकार किया जा सकता है इसका यह बेहतरीन उदाहरण है उन्होंने जेवर के किसानों के साथ साथ गौतमबुद्व नगर के जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की भी प्रशंसा की इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि ढाई वर्ष पहले प्रदेश में सिर्फ दो एयरपोर्ट थे लेकिन आज भाजपा सरकार में सात एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो चुका है पहले से मौजूद सत्रह हवाई पट्टियों को चालू करने का काम भी शुरू हो गया है कुशीनगर में नया एयरपोर्ट बन रहा है अयोध्या में भी नया एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर एयर कनेक्टिविटी इसलिए दे रही है ताकि प्रदेश का विकास हो सके